वहीं इसी दिन छिन्दवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा छिंदवाड़ा के सौसर में आज कांग्रेस नेता और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा नकुलनाथ के पक्ष में प्रचार करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ हरदा के खिरकिया में जनसभा को संबोधित करेंगे भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह सिहोर के श्यामपुर चरनाल अहमदपुर और उमरझीर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हुजूर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगी भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज जबलपुर और सीधी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे श्री मोदी अब से कुछ ही देर में सीधी पहुॅच रहे हैं जहां मडरिया बायपास मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे श्री मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं सीधी के बाद श्री मोदी जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड पर आयोजित रैली में शामिल होंगे

भोपाल संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर ने आज अपना नाम वापस ले लिया है

नामांकन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है वे वाराणसी से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं नामांकन के दौरान एनडीए घटक दलों के नेता मौजूद रहे इससे पहले श्री मोदी ने आज सुबह बूथ प्रमुखों और पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से रिकार्ड मतदान का आव्हान करते हुए कहा कि मोदी सबसे ज्यादा वोट से जीते या ना जीते लेकिन लोकतंत्र जीतना चाहिए कांग्रेस ने वाराणसी से प्रधानमंत्री के मुकाबले अजय राय को फिर से उम्मीद्वार बनाया है इधर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिये नामांकन पत्र दाखिल किये जा रहे हैं

यह सीटें इंदौर उज्जैन देवास धार मंदसौर रतलाम खरगौन और खण्डवा हैं देवास से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद सिंह टिपानिया आज नामांकन पत्र भरेंगे ट्रेन हादसा आगरा से झांसी की ओर जा रही मालगाड़ी के चार डिब्बे आज ग्वालियर के बिड़ला नगर स्टेशन के पास पटरी से उतर गये इनमें से दो डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये हैं हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ इस ट्रैक पर भोपाल एक्सप्रेस भी आ रही थी लेकिन ड्राइवर ने समय रहते ट्रेन को रोक दिया जिससे एक और बड़ा हादसा टल गया